राज्यस्तरीय कार्यक्रम जबलपुर में होगा

किसान सम्मेलन जबलपुर में आज राज्य स्तरीय किसान महासम्मेलन आयोजित किया जायेगा

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस सम्मेलन में शामिल होंगे

राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण होगा इस तरह के सम्मेलन प्रत्येक जिले में भी आयोजित किये जायेंगे राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन के प्रसारण को जिले में होने वाले सम्मेलनों में मौजूद किसान एलईडी टीवी के माध्यम से देख सकेंगे राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों को सम्मेलन में शामिल होने के लिए अलग अलग जिलों का दायित्य सौंपा गया है छिंदवाड़ा में प्रभारी मंत्री गौरीशंकर बिसेन किसान सम्मेलन में शामिल होंगे वही खंडवा में जिला स्तरीय गेहूं प्रोत्साहन राशि का भुगतान कार्यक्रम के तहत किसान महासम्मेलन का आयोजन होगा सांसद नंदकुमार सिंह चौहान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे केन्द्रीय पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ग्वालियर में महासम्मेलन में शामिल होंगे उमरिया के अमर शहीद स्टेडियम में महासम्मेलन आयोजित किया गया है गुना अनूपपुर भिंड और आगरमालवा समेत पूरे प्रदेश में किसान महासम्मेलन आयोजित होंगे

चुनाव से पहले ये भाजपा का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा इसके माध्यम से जन जन को आशीर्वाद देने के लिए आंमत्रित किया जाएगा प्रदेश में इस वर्ष के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री और प्रदेश चुनाव प्रबंध सभिति के संयोजक नरेन्द्र सिंह तोमर और सांसद प्रभात झा ने भाजपा विधायकों और पदाधिकारियों को केंद्र और राज्य की योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने को कहा है कल भोपाल में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने विधायक दल प्रदेश पदाधिकारी और जिला अध्यक्षों की बैठक में ये बात कही गई इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि यदि जनता तक भाजपा सरकार की उपलब्धियां पहुंचेंगी तो कोई भी हमारी जीत को नहीं रोक पाएगा वहीं श्री तोमर ने मुख्यमंत्री की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने सरकार के माध्यम से जो किया है वह उपलब्धियां अपार हैं राज्यपाल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल इंदौर में श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह में कहा कि हमारा देश विश्व में युवा जनसंख्या वाला सबसे बड़ा देश है नये भारत के निर्माण में युवा शक्ति का बेहतर उपयोग करना समय की आवश्यकता है राज्यपाल ने युवाओं का आहवान किया कि वे संस्कारवान बनें समाज सेवा में सक्रिय योगदान दें समाज में व्याप्त कुरीतियों और अंधविश्वास के वातावरण को दूर करने के लिये आगे आयें श्रीमती पटेल ने समारोह में विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान कीं इंदौर में ही राज्यपाल श्रीमती पटेल ने प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना उज्जवला योजना जन धन योजना मुद्रा योजना और आवास योजना के हितग्राहियों से मिलकर विस्तृत चर्चा की उन्होंने लोगों से कहा कि नागरिक केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं का अधिकाधिक लाभ उठायें राज्यपाल ने कहा कि देश में पिछले चार वर्षों में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से क्रान्तिकारी बदलाव आया है सीएम समीक्षा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में उज्जवला गैस कनेक्शन का भी वितरण किया जाये इसके साथ ही लाड़ली लक्ष्मी योजना और अन्य योजनाओं के हितलाभों को भी दिया जाये श्री चौहान कल मुख्यमंत्री निवास में संबल योजना के क्रियान्वयन कार्य की समीक्षा कर रहे थे श्री चौहान को बताया गया कि लांचिंग कार्यक्रम का आयोजन व्यापक स्तर पर किया जायेगा ऐसी नगर पंचायतें जो जनपद पंचायत मुख्यालय पर हैं वहाँ जनपद और नगर पंचायत के संयुक्त सम्मेलन होंगे हितग्राहियों को हितलाभ के साथ ही संबल योजना में पंजीयन का प्रमाण पत्र दिया जायेगा जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में उन्हें बहुउद्देश्यीय स्मार्ट कार्ड भिल जायेंगे लांचिंग कार्यक्रम में सामान्य और दुर्घटना में मृत के परिजनों को अनुग्रह सहायता मातृ सहायता की राशि का वितरण होगा भूमि के पट्टे भी दिये जायेंगे

जिला कलेक्टरों को जारी निर्देश में कहा गया है कि गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय स्कूलों में वंचित समूह और कमजोर वर्ग के निशुल्क अध्ययनरत बच्चों की फीस की प्रतिपूर्ति के लिये आधार सत्यापन का कार्य किया जाए

आधार अपडेशन की तारीख और स्थान का व्यापक प्रचार प्रसार करने को भी कहा गया है आंगनबाडी शिकायत आंगनबाडी केन्द्र की सेवाओं से संबंधित आमलोगों की शिकायतों को राज्य स्तर पर पहुंचाने संबंधित अधिकारी द्वारा उनके निराकरण के लिये हेल्य डेस्क की स्थापना की गयी है

इस नंबर पर आंगनबाडी केन्द्र के बंद रहने ताजा भोजन नहीं होने टेकहोम राशन का वितरण नही होने जैसी अन्य समस्याओं के संबंध में शिकायत दर्ज करायी जा सकेगी

सब जूनियर ब्वॉयज सिंगल स्कल इवेंट में अकादमी के खिलाड़ी भोलू शर्मा ने रजत पदक अर्जित किया पदक विजेता खिलाड़ियों को प्रदेश की खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने बघाई दी है मौसम दक्षिण पश्चिमी मानसून के पहले कल प्रदेश में राजधानी भोपाल सहित अनेक शहरों में बारिश हुई जिससे वहां पर मौसम सुहावना हो गया पिछले एक महीने से भीषण गर्मी से परेशान लोगों के लिए यह बारिश राहत भरी रही मौसम केन्द्र के अनुसार प्रदेश में मानसून अगले एक दो दिन में दस्तक दे सकता है

इसके अलावा पिछले चौबीस घंटों के दौरान लगभग एक दर्जन से अधिक नगरों में बारिश हुई इस दौरान उमरिया में मूसलाधार बारिश से लोगों के घरों में पानी घुस गया वहीं तेज हवाएं चलने से कई पेड़ और विद्युत लाइने दूट गयीं जिससे लगभग चार घंटे विद्युत आपूर्ति बाधित रही

वर्षा का यह क्रम सागर सतना रीवा सहित अनेक स्थानों पर देखा गया मौसम विभाग ने अगले एक दो दिन तक प्रदेश में इसी तरह का मौसम बना रहने का अनुमान जताया है इस दौरान प्रदेश के अनेक स्थानों पर तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना जताई गयी है